पुलिस लाईन से फरार जवान सात दिन में नहीं लौटे तो होंगे बर्खास्त

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी आज विधानमंडल में राज्य का आम बजट पेश करेंगे इस बार का बजट पौने दो लाख करोड़ से अधिक के होने की सम्भावना है जो पिछले बजट की तुलना में लगभग बारह प्रतिशत अधिक होगा जीएसटी लागू होने के बाद राज्य का यह पहला बजट होगा ऐसी सम्भावना है कि पिछले बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए आवंटित की जायेगी इसके अलावा कृषि ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिये जाने की उम्मीद है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में ग्यारह लाख करोड़ का कृषि ऋण बांटा जायेगा उन्होंने कहा कि इससे दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी श्री जेटली नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में वित्तीय प्रौद्योगिकी में निवेश से ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में कुशलता गति और पारदर्शिता आयी है केन्द्र सरकार ने बाढ चक्रवाती तूफान और सूखे से प्रभावित आठ राज्यों के लिए लगभग छह हजार करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है इसमें सबसे अधिक एक हजार सात सौ ग्यारह करोड़ रूपये की राशि बाढ प्रभावित बिहार को दी जायेगी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बिहार के अलावा गुजरात केरल राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को यह राशि दी जायेगी विश्व बैंक प्रदेश में सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए राज्य सरकार को दो सौ पचास करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देगा इसकी मदद से पटना नालंदा नवादा मुजफ्फरपुर पूर्णियां मुंगेर बांका सारण पूर्वी चम्पारण और बेगूसराय जिले में पेयजल योजना को पूरा किया जायेगा सीबीआई ने नबीनगर बिजली परियोजना में दो करोड़ रूपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में जांच तेज कर दी है औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज के आवास पर हुई छापेमारी के बाद जिले के डीसीएलआर अजय कुमार समेत इस मामले से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया गया है सीबीआई ने बीआरबीसीएल के सीईओ एस शिव कुमार को भी जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिनों का समय दिया था जो कल समाप्त हो गयी बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार से राजद के समर्थन से राज्यसभा सांसद बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है उन्होंने कहा कि इस फैसले के बारे में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को अवगत करा दिया गया है मायावती ने कहा कि जब तक सदन में भाजपा का बहुमत रहेगा और पार्टी सत्ता में रहेगी तब तक वह राज्य सभा में प्रवेश नहीं करेंगी भारतीय जनता पर्टी ने मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों को कुचलने वाले वाहन के मालिक मनोज बैठा को पार्टी से निकाल दिया है इस मुद्दे पर राज्य के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जायेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्रीपेड वॉलेट के ग्राहकों के लिए अनिवार्य केवाईसी मापदंडों को लागू करने की अंतिम तारीख अठाईस फरवरी के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो ने मुंबई में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए ग्राहकों को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है हालांकि जिन ग्राहकों के वॉलेट या प्रीपेड पेमेंट खातों में कोई बैलेंस है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है उनका धन सुरक्षित है श्री कानूनगो ने बताया कि यह निर्देश ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं इससे पहले इकतीस दिसंबर दो हजार सत्रह की अंतिम तारीख तय की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर अठाईस फरवरी दो हजार अठारह कर दिया गया था डीआईजी सेन्ट्रल रेंज राजेश कुमार ने कहा है कि पुलिस लाईन से फरार जवान यदि सात दिनों में वापस नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त किया जायेगा उन्होंने कहा कि पटना के प्रभारी एसएसपी को लिखित निर्देश दिया गया है कि अवधि बीत जाने के बाद भी यदि पुलिस लाईन से गायब मिले दो सौ सिपाही नहीं लौटे तो उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाए कथित तौर पर वीआईपी की सुरक्षा में लगे बहत्तर बॉडीगार्ड भी यदि समय सीमा के अंदर पुलिस लाईन में योगदान नहीं देते हैं तो उनकी भी बर्खास्तगी तय है इस बीच खबर है कि छपरा और हाजीपुर में भी पुलिस लाईन की समीक्षा की जायेगी साथ ही अलग अलग शाखाओं में सालों से जमे मुंशी और दारोगा की ड्यूटी थानों में लगाई जायेगी यूआईडीएआई अब पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी अलग से नीले रंग का आधार कार्ड जारी करेगा बच्चों के लिए यह आधार कार्ड बिना किसी बायोमेट्रिक ब्योरे के बन जायेगा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी भी एक के आधार नम्बर के जरिये बाल आधार बनवाया जा सकता है पांच साल की उम्र पार करने के बाद फिर से आधार का सत्यापन कराना होगा पटना उच्च न्यायालय ने मगध विश्वविद्यालय से सबद्धता समाप्त हो चुके कॉलेजों के बीए पार्ट वन के छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार और मगध विश्वविद्यालय प्रशासन से चार सप्ताह में जबाव मांगा है सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को कहा है कि स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने की योग्यता रखने वाले किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र नहीं रोका जाए बोर्ड ने अपने परामर्श में कहा है कि परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र रोक जाना गम्भीर मामला है और इसको सीबीएसई के निर्देशों की अनदेखी माना जायेगा रेलवे ने तय किया है कि महिला कोटे के तहत उपयोग में नहीं आने वाली सीटों को पहले वेटिंग लिस्ट की महिला यात्रियों और उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को दिया जायेगा मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम में लापरवाही बरतने वाले ग्यारह प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने स्पष्टीकरण मांगा है पटना के पाटलिपूत्र स्पोर्ट्स कम्पलेक्स में आयोजित पटना प्रमंडल अंतर जिला दिव्यांग खेल कूद के एथेलेटिक्स स्पर्धा के चार सौ मीटर बालक सीनियर वर्ग में प्रिंस ने स्वर्ण पदक जीता वहीं मानसी शिशिर और चंदन ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया इधर कल से पटना में शुरू हो रहे बिहार राज्य अंतर प्रमंडल दिव्यांग एथेलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए पटना प्रमंडल टीम की घोषणा कर दी गयी है सारण जिले की एक अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में एक दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी को मादक पदार्थ अधिनियम की अलग अलग धाराओं में यह सजा सुनाई पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के साधु घाट से एसएसबी के जवानों ने सोलह सौ बोतल नेपाली शराब जब्त की गया जिले कें चंदौती थाना क्षेत्र के कंडी नवादा गांव के पास से अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से ढाई लाख रुपये लूट लिये अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह के आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार के विकास की रफ्तार देश से भी तेज दैनिक जागरण ने विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण को प्रमुखता देते हुये लिखा है शराबबंदी से सूबे में अपराध घटे दैनिक भास्कर ने मशहूर फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता देते हुये सुर्खी लगायी है बाथटब में डूबने से हुई थी श्रीदेवी की मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल भी मिला प्रभात खबर ने लिखा है दस पर्सेट तक बढ़ सकता है जमीन का सरकारी रेट राष्ट्रीय सहारा ने रेलवे रिजर्वेशन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये शीर्षक लगाया है महिला की सीट महिला को ही मिलेगी

पुलिस लाईन से फरार जवान सात दिन में नहीं लौटे तो होंगे बर्खास्त